विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह इस मौके मौजूद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर हमीरपुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर चंबा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज रिकांगपिओ और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा शिमला में होने वाले समारोह की अध्यक्षता करेंगे शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी बिलासप्र कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा केलंग स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ऊना ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर कुल्लू वन मंत्री गोविंद सिंह ठाक़्र मण्डी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल नाहन में हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे

इसके चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविन्द्र सिंह ने सभी जिला अध्यक्षों को अपने जिला मुख्यालयों में मौन धारण कर ये दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए हैं इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय शिमला में भी सदभावना व शांति दिवस आयोजित किया जाएगा

इसी कड़ी में केलंग में अभियान के दौरान उपायुक्त अश्वनी क्मार चौधरी ने स्कूली बच्चों व लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं और राजधानी शिमला के उपरी इलाकों में कुछ स्थानों में सुबह से वर्षा हो रही है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कल कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर ऊना कुल्लू और चम्बा ज़िले के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का समाचार है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सीबीएसईपेपर लीक मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द है सीबीएसई पेपर लीक में तीन हिमाचली अरेस्ट दिल्ली काइम ब्रांच की दबिश उना से शिक्षक और दो अन्य कर्मी गिरफ्तार पांच दिन के रिमांड पर दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली काइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता आरोपित डीएवी सेंटेनरी स्कूल ऊना के हैं कर्मचारी

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के एनआईटी हमीरपुर पहुंचने की खबर भी सभी समाचार पत्रों में सचित्र प्रकाशित हुई है अमर उजाला उप राष्ट्रपति के हवाले से लिखता है मार्गदर्शन नहीं दर्शन ही होंगे मेरे वेंकैया बोले वह सवैंधानिक पद पर हैं राजनीति नहीं करेंगे दिव्य हिमाचल की सुर्खी है संकट से निपटने को शोध जरूरी जलवायु परिवर्तन पर हमीरपुर में बोले उपराष्ट्रपति नायडू पंजाब केसरी के शब्द हैं मां मात्रभूमि व मातूभाषा को कभी न भूलें युवा कहा जवाब देने की बजाय खोज के लिए प्रोत्साहित हों युवा हिमाचल दस्तक का शीर्षक है हिमाचल ब्यूटी और डयूटीफुल उपराष्ट्रपति नायडू प्रदेश की सुंदरता के कायल

दैनिक सेवरा टाईम्स के अनुसार सीएम जयराम होंगे जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष केसीसी बैंक का बोर्ड भंग शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर सरकार का फैसला पंजाब केसरी के शब्द हैं कांगड़ा को ऑप्रेटिव बैंक का बोर्ड भंग डीसी कांगड़ा को लगाया गया प्रशासक

दिव्य हिमाचल लिखता है फिर हमीरपुर से होंगी शिमला शिफ्ट भर्तियां मुख्यमंत्री बोले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी अखबार की एक अन्य खबर है दिहाड़ीदारों के न्यूनतम वेतन पर एडवाइजरी बोर्ड दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय पलायन क्यों में लिखता है कि ये चितांजनक है कि फूल खिलने से पहले ही पौधे मुरझा रहे हैं क्या कारण है कि आजकल के बच्चे मामूली सी बात को भी सहन नहीं कर पा रहें हैं